मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहीदों के परिवारों की मदद के लिये मुख्यमंत्री सहायता कोष में योगदान देने की अपील की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज देश का पहला नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित करेंगे

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में एक अमर ज्योति भी बनाई गई है जिसे प्रधानमंत्री आज प्रज्वलित करेंगे

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए वे यहां विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे सांसद संतोष अहलावत के नेतृत्व में रैली की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरे क्षेत्र के लोगों में उत्साह है

वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में कल हुई जीएसटी परिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया

मेट्रो शहरों में यह क्षेत्र साठ वर्ग मीटर तय किया गया है ये दरें इस साल एक अप्रैल से प्रभावी होंगी श्री जेटली ने कहा कि हम रियल स्टेट सैक्टर को बढ़ावा देना चाहते है किफायती मकानों की परिभाषा को बदला गया है जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन से देश की सीमा की रक्षा के लिए शहादत देने वाले जवानों के परिवारों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में योगदान देने का अनुरोध किया है श्री गहलोत ने कहा कि उन्हें मिले स्मृति चिन्ह एवं उपहारों की आगामी तीन मार्च को नीलामी की जायेगी और इससे प्राप्त राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में शहीदों के लिए दी जाएगी उन्होंने जयपूर के जवाहर कला केन्द्र में होने वाले इस नीलामी कार्यक्रम में लोगों से भरपूर भागीदारी करके ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने का आह्वान किया अजमेर के किशनगढ़ हवाई अड्डे से अहमदाबाद के लिए हवाई सेवा मार्च के अंत तक शुरू हो जाएगी किशनगढ़ हवाई अड्डे के निदेशक अशोक कपूर ने बताया कि स्पाइसजेट ने अहमदाबाद के लिए हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी है अप्रैल से किशनगढ़ और हैदराबाद के बीच भी हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी श्री कपूर ने बताया कि किशनगढ़ से दिल्ली की नियमित हवाई सेवा के बाद अब अहमदाबाद और हैदराबाद से किशनगढ़ सीधे हवाई सेवा से जुड़ने जा रहा है जो यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक रहेगा जयपुर में आज राज्यस्तरीय विशेष योग्यजन पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह आयोजित किया जायेगा

चिकित्सा मंत्री रघ् शर्मा ने कहा है कि सरकार प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास कर रही है

यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नाबार्ड योजना के तहत चार करोड़ रूपये की लागत से निर्माण कार्य किया जायेगा उन्होंने कहा कि ये काम पूरा होने से आमजन को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मेडिकल सर्जिकल सैम्पल कलेक्शन और अन्य सुविधाए मिल सकेगी उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किशनपुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र और कल्याणपुरा व ढाणी डहरा में जल्दी ही उप केन्द्र खोलकर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेगी

सवाईमाधोपुर जिले के उप निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस जागरूकता कार्यक्रम के तहत मतदान केन्द्रो पर पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जायेंगी जिससे मतदाता जागरूक होंगे और निर्वाचन प्रकिया से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करेंगे

मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में कस्बे में संचालित गर्ग डेयरी पर कार्रवाई की गई इसके अलावा सिंथेटिक दूध की सूचना पर पुलिस ने एक टैंकर से करीब ढाई हजार लीटर मिलावटी दूध बरामद बरामद किया झंझंनू जिले के बिसाऊ में लुटेरों ने एक कार चालक से मारपीट कर एक लाख पैसंठ हजार रूपये लुट लिये

ये यहां एक प्री वेडिंग शूट के सिलसिले में आये थे हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राणा प्रताप सागर बांध से पानी की निकासी बंद कर फंसे लोगो को बाहर निकाला

केन्द्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने दौड़ और रस्साकशी मुकाबलों के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किये